लोकसभा पांचवां चरण मतदान लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण में कल सात राज्यों के इंक्यावन निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे चुनाव आयोग ने मतदान के सुचारू संचालन के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं इस चरण में उत्तरप्रदेश में चौदह राजस्थान में बारह मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल में सात सात बिहार से पांच और झारखंड से चार सीटों के लिए मतदान होगा जम्मू कश्मीर में लद्दाख तथा अंनतनाग निर्वाचन क्षेत्र के पुलवामा और शोपियां जिलों में भी मतदान होगा मुख्य न्यायाधीश शपथ न्यायमूर्ति पीआर रामचंद्र मेनन कल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के बारहवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल न्यायमूर्ति मेनन को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाएंगी न्यायमूर्ति पीआर रामचंद्र मेनन केरल उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश हैं गौरतलब है कि लोकपाल सदस्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया था इसके बाद जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का कार्यवाहक न्यायाधीश बनाया गया था मुख्य ओडिशा सहायता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समुद्री चक्रवाती तूफान फोनी से हुई क्षति को देखते हुए ओडिशा की सहायता के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से ग्यारह करोड़ रूपए की राशि देने की घोषणा की है उल्लेखनीय है कि फोनी तूफान के उपरांत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पट्नायक से दूरभाष पर चर्चा की थी और ओड़िशा के इस विपदा की कठिन परिस्थितियों में राज्य को हर संभव मदद देने की पेशकश की थी ग्राम सभा प्रदेश में कल से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा यह ग्राम सभा दस मई तक आयोजित की जाएंगी इसके लिए राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं प्रदेशभर में ग्राम सभा के आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं लोकसभा चुनाव के कारण जारी आदर्श आचार संहिता के परिपालन में ग्राम सभाओं में हितग्राहीमूलक योजनाओं पर विचार और चर्चा नहीं की जाएगी साथ ही किसी भी योजना के हितग्राही चयन संबंधी प्रक्रिया भी नहीं की जाएगी बैठक के लिए जनपद पंचायतवार प्रत्येक ग्राम पंचायतों और उनके आश्रित ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित करने के लिए एक समय सारणी तैयार की जाएगी ग्रामसभा में सरपंच और सचिव भी मौजूद रहेंगे भू अभिलेख भू अभिलेख सत्यापन के नए वर्जन में विलुप्त खसरा नंबरों को संकलन करने का विकल्प हल्का पटवारी को दिया गया है भू अभिलेख के संचालक ने बताया कि खसरा नंबर संशोधन की व्यवस्था पूर्ववत है किसी भी खसरा नंबर से संबंधित डेटा में संशोधन का प्रावधान समाप्त नहीं किए गए हैं बल्कि डेटा में संशोधन के पूर्व सक्षम राजस्व अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर आवश्यक सुधार किया जा सकता है उन्होंने बताया कि पंजीयन कार्यालय या अन्य माध्यमों से भूमि अंतरण के संबंध में हल्का पटवारी या तहसीलदार को प्राप्त होने वाले सूचना के आधार पर नामांकन और अभिलेख दुरूस्ती की अद्यतन स्थिति की जानकारी के लिए नए प्रावधान किए गए हैं जो राजस्व अभिलेख को अद्यतन करने के लिए जरूरी है हल्का पटवारियों को नए वर्जन के संबंध में आगामी दस मई तक प्रशिक्षण दिए जाने के लिए सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किए गए हैं मतगणना प्रशिक्षण प्रदेश में तीन चरणों में हुए लोकसभा चुनाव की तेईस मई को होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई बैठक में विभिन्न तकनीकी पहलुओं के अलावा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए विधानसभावार मतगणना करने की तैयारियों और व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई बैठक में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यू एस अग्रवाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतगणना को लेकर जिला स्तर पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसके तकनीकी पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया उल्लेखनीय है कि आगामी नौ मई से जिला स्तर पर मतगणना के प्रशिक्षण की शुरूआत होगी इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण कर दिया गया है बातों बातों में श्रोताओं समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार गर्मियों में लू और अन्य बीमारियों से बचाव पर केंद्रित रहेगा इस संबंध में आकाशवाणी समाचार ने बात की रायपुर जिले में महामारी नियंत्रण के नोडल अधिकारी आरके चंद्रवंशी से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे

परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ के तीन शहरों रायपुर के अलावा भिलाई दुर्ग और बिलासपुर में केन्द्र बनाए गए थे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी परीक्षा केन्द्रों पर मोबाइल ब्लूटूथ इलेक्ट्रॉनिक घड़ी केलकुलेटर और स्टेशनरी ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था छात्राओं को हैंडबैग ज्वेलरी चेन आदि की अनुमति नहीं थी पैरों में जूतों तथा पूरी आस्तीन के कपड़े पर भी प्रतिबंध था इस परीक्षा में देशभर से लगभग पंद्रह लाख अभ्यर्थी शामिल हुए चक्रवाती तूफान फोनी के कारण केवल ओडिशा में इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था पीपीटी प्रीएमसीए परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापमं द्वारा पीपीटी और प्रीएमसीए की प्रवेश परीक्षा आगामी नौ मई को आयोजित की जाएगी प्रथम पाली में पीपीटी की परीक्षा सुबह नौ से दोपहर सवा बारह बजे तक आयोजित की जाएगी वहीं द्वितीय पाली में प्रीएमसीए की परीक्षा दोपहर दो से शाम सवा पांच बजे तक ली जाएगी परीक्षा के लिए डिप्टी कलेक्टर पूनम शर्मा को नोडल अधिकारी और समन्वयक राजीव गांधी शिक्षा मिशन केएस पटले को कंट्रोल रूम प्रभारी अधिकारी तथा सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है

मिली जानकारी के मुताबिक जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र के खड़गांव और सेमीपाली के जंगल में दो ग्रामीण तेंदूपत्ता तोड़ने गए हुए थे इसी दौरान एक हाथी ने उन पर हमला कर दिया

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वन विभाग के एसडीओपी अर्जुन कुर्रे और रेंजर सत्यव्रत दुबे पर ग्रामीणों ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराए जाने का आरोप लगाया इस पर एसडीओपी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उन्हें पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और फसल के नुकसान का उचित मुआवजा भी दिलाया जाएगा मालगाड़ी डीरेल दंतेवाड़ा जिले के डिलमिरी रेलवे स्टेशन के पास आज एक मालगाड़ी के दो इंजन और तीन डिब्बे पटरी से उतर गए इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि की खबर नहीं है हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार मालगाड़ी किरंदुल से लौह अयस्क लेकर विशाखापट्नम के लिए निकली थी इसी दौरान डिलमिरी रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन सुधार कार्य में जुट गया है दुर्घटना मुंगेली जिले में आज एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया मिली जानकारी के अनुसार तीन युवक एक मोटरसाइकिल से बारात जा रहे थे इस दौरान मुंगेली नवागढ़ मार्ग में निर्माणाधीन पुल से मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल एक अन्य युवक को सिम्स में भर्ती कराया गया है माओवादी आगजनी सुकमा जिले में आज माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे पांच वाहनों को आग के हवाले कर दिया जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि गोलापल्ली इलाके में सड़क निर्माण कार्य चल रहा था इसी दौरान कुछ माओवादी वहां पहुंचे और दो पोकलेन दो जेसीबी और एक ट्रेलर में आग लगा दी अक्षय तृतीया अक्षय तृतीया का पर्व परसों सात मई को मनाया जाएगा इस मौके पर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लोग मिट्टी से बने गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाते हैं इसका उद्देश्य समाज में प्रेम सद्भाव और मेल मिलाप को बढ़ावा देना है इस बीच अक्षय तृतीया के मौके पर बाल विवाह की आशंका को ध्यान में रखते हुए बाल विवाह रोकथाम के प्रयास तेज हो गए हैं महिला और बाल विकास विभाग ने इस वर्ष भी समन्वित प्रयास और सामाजिक सहयोग से बाल विवाह रोकने की तैयारी कर ली है